उन्होंने उद्योगपतियों को राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि उद्योगपतियों से परियोजना प्रस्तावों को जल्द भेजने का आग्रह किया और उन्हें इस वर्ष जून माह में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने का न्यौता दिया जय राम ठाक्र ने निवेशकों को बताया कि प्रदेश में मौजूदा निवेश को उदार बनाने के अलावा उनकी सुविधा के लिए नई नीतियां बनाने पर कार्य किया जा रहा है निवेशकों ने जल्द ही ठोस प्रस्तावों व निवेश योग्य परियोजनाओं के साथ आने का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया जीएसटी छोटे कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाकर परिषद ने चालीस लाख रूपये तक के कारोबार को वस्तु और सेवाकर जी एस टी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय किया है

कल नई दिल्ली में परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दोनों फैसलों से सूक्ष्म लघु और मझोले कारोबार को फायदा होगा

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है हालांकि पिछले जनजातीय जिला लाहौल स्पिति और चम्बा जिलों की उंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कुलदीप राठौर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सुक्खू की अध्यक्ष पद से छुटटी राठौर को हिमाचल कांग्रेस की कमान पंजाब केसरी के शब्द हैं सुक्खू की कुर्सी गई कुलदीप राठौर बने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिव्य हिमाचल का कहना है कुलदीप सिंह राठौर को हिमाचल कांग्रेस की कमान दैनिक भास्कर ने लिखा है गुटबाजी खत्म करने को राठौर को सौंपी प्रदेश कांग्रेस की कमान सुक्खू हटाए गए दैनिक जागरण के अनुसार कुलदीप राठौर होंगे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीएसटी छूट की सीमा दुगुनी किए जाने को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है हिमाचल में छोटे कारोबारियों को राहत जीएसटी छूट की सीमा दोगुनी

अजीत समाचार की सुर्खी है छोटे कारोबारियों को राहत जीएसटी से छूट की सीमा हुई दोगुनी कालका शिमला ट्रैक पर अब दौड़ेगी रेस्टोरेंट वाली ट्रेन अमर उजाला एक खबर है पत्र के अनुसार कुंभ के लिए अंब से चलेगी विशेष ट्रेन हिमाचल के श्रद्वालुओं को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात पंचायतों में कचरा प्रबंधन को अब विशेष ग्रामसभा शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर को प्रमुखता दी है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है जिस हालत तक केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंच चुका है वहां जयराम सरकार को इसे बचाने बसाने और संरक्षण देने की आवश्यकता है शीर्षक है मुजरिम केंद्रीय विश्वविद्यालय सुशासन की दिशा में बढ़ते कदम शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय में लिखा है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में आने से लोगों को कई सहुलियतें मिलेंगी बशर्ते लोग इस कानून के तहत मिलने वाली सेवाओं को लेकर जागरूक होंगे